भारत कोरोना वायरस के प्रभावित चीन के बुहान शहर से नागरिकों को जाने के लिए एक सैन्य विमान भेजेगा हरियाणा का बजट सत्र कल शुरू होगा

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम बिलास पासवान ने कहा है कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण का गठन इस वर्ष अप्रैल के पहले हफ्ते में कर दिया जायेगा

श्री पासवान ने कहा कि प्राधिकरण की छत्र छाया के नीचे एक जांच शाखा भी कायम की जायेगी जो अन्रचित व्यापार के तौर तरीकों और गुमराहकुन विज्ञापनों सम्बधी मामलों की पड़ताल करेगी उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सम्बधी निममों को भी डेढ़ महीनें के अंदर अंतिम रूप दे दिया जायेगा उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान श्री पासवास के ई व्यापार और सामान सीधे बिक्री को विनियमित करने की जरूरत पर भी बल दिया और कहा कि इस समय इसके लिए कोई नियामक मौजूद नहीं है भारत कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के ब्हान शहर से अपने नागरिकों को लाने के लिए एक सैन्य विमान भेजेगा

छः सदस्यों का एक परिवार आज सुबह शिवर से अपने घर लौट गया फतेहाबाद के गांव भोडियाखेड़ा में चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने एक दिवसीय कार्यशाला में कोरोना वायरस की जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया हमारे संवादाता ने बताया है कि कार्यशाला में जिला रेडक्रॉस सोसायटी के वक्ताओं द्वारा स्वयंसेविकाओं को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी दिया गया इसके अतिरिक्त स्वयंसेविकाओं ने युवा पीढ़ी व समाज पर हो रहे नशे के द्ष्प्रभावों बारे जानकारी दी हरियाणा पुलिस ने साईबर अपराध के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण एडवाईजरी जारी कर नागरिकों से अन्ररोध किया है कि वे अपने फासटेग बालेट को पंजीकरण या एक्टीवेट करते समय विशेष सतर्कता बरते क्योंकि कुछ धोखेबाज़ इसका सहारा लेकर उनकी मदद के बहाने उनके बैंक खातों से पैसे निकालने का प्रयास कर सकते है पुलिस महानिदेशक अपराध पी के अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर फासटेग अनिवार्य करने के बाद ऐसे जालसाज सक्रिया है उन्होंने स्पष्ट किया फोन पर बैंक कर्मचारी से बात करने मे फासटेग का पंजीकरण या एक्टीवेशन नहीं होता है उन्होंने लोगों को किसी भी पिन या पासवर्ड सांझा न करने की सलाह देते हुये कहा कि फासटैग को केवल इसे जारी करने के लिए अधिकृत बैंक टोल प्लाजा पेटीएम जैसी अनुमोदित एजेंयिसों से ही खरीदें

हरियाणा का बजट सत्र कल शुरू होगा लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस बजट संत्र में विपक्ष द्वारा कथित धान और खनन घोटाले कानून व्यवस्था और सतलुज यमुना लिंक नहर जैसे मुद्दे उठाये जायेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडा और विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी कथित धान घोटाले और अवैध खनन पर जांच की मांग कर रही है

दो मार्च को बजट पर बहस शुरू होगी सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी पंचकूला में आज बजट पूर्व चर्चा के अंतिम दिन विधायकों ने बिजली जेल शहरी विकास और ग्रामीण जैसे मुद्दो पर अपने सुझाव रखे

हमारी संवाददाता ने बताया कि आज की चर्चा मे बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप ने हरियाणा को पालीथीन मुक्त करने का सुझाव रखा उन्होंने ऐसे गांवों को जिनकी पंचायती भूमि नहीं है उनको अतिरिक्त राशि आवंटित करने का सुझाव भी दिया चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने दिल्ली से हरियाणा मे आ रहे उद्योगों के लिए अलग से नीति तैयार करने की मांग की उधर पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट पर मंथन का कोई औचित्य नज़र नहीं आता बाकी इस तरह इकटठे होकर बातचीत करना एक अच्छा प्रयास है आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया

इस योजना के हत राज्य सरकारों को सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में मदद की जा रही है

इस योजना का उद्देश्य हर दो साल बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया करवाना है ताकि उन्हें अपने खेतों की मिट्टी में पोषक तत्वों की सही जानकारी मिल सकें और वे उन्हीं खादों व पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें जिनकी मिट्टी की जरूरत है और इससे कृषि खर्च में कटौती होने से व अच्छा उत्पान मिलने से उनकी आय बढ़ सकें

वर्तमान वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के कार्य को पायलट योजना के तौर पर लिया जा रहा है इसके लिये जिले में चार गांवों को चिन्हित किया गया है

कृषि उप निदेशक डा महावीर सिंह ने बताया कि अन्य गांवों में भी नमूनों की जांच की जा रही है जांच के बाद किसानों को निःशुल्क मिलने वाले मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जायेंगे ग्रीकों रोमन पहलवान सुनील कुमार ने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में आज स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला

सुनील गत वर्ष भी फाईनल में पहंचे थे लेकिन तब उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था विभिन्न भार वर्गो के मूकाबले में आज भारत के अन्य पहलवान मेहर सिंह साजन और सचिन राणा भी शामिल थे अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में आज प्रयास समाज सेवा संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया शिविर का शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र ने किया

मेयर ने बताया कि इस अभियान के तहत शहर के लोगों से भी प्रार्थना पत्र मांगे जाएंगे

हेरोइन की कीमत लाखों रूपये बताई जा रही है प्रलिस के अन्सार पकड़े गये आरोपियों की पहचान जापतेवाला निवासी लखबीर सिंह व बूटा सिंह और रत्ताथेह निवासी हरचैन सिंह के रूप में हुई है